आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इससे किसानों को आने वाले समय में बह्त फायदा होगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिकी में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही ह उन्होंने कहा कि रूड़की से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की श्रूआत की गई थी

उन्होंने खेती और बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री प्रेमचन्द्र शर्मा को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि इस योजना से किसानों और बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल सकेगा

उसको हासिल करने के लिये यह योजना लाभकारी साबित होगी

मुख्य सचिव की ओर से जारी एसओपी के अनुसार स्कूल में छात्रों और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा स्कूल गेट पर हैंड वॉश सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रनिंग की व्यवस्था अनिवार्य हण एसओपी में कहा गया है कि स्कूल में किसी को खांसी जूकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर त्रंत प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा संक्रमण की स्थिति में प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी निय्क्त किया जाएगा साथ ही मुख्य शिक्षाधिकारी हर रोज स्क्ल की रिपोर्ट लेंगे स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के वक्त विशेष ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कक्षाओं के लिए छुट्टी का अलग अलग समय तय करने के लिये कहा गया है अधिक छात्र संख्या वाले स्क्ल दो पालियों में कक्षाओं का संचालन करेंगे कक्षा के भीतर बछने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एसओपी में कहा गया है कि जिन छात्रों को उनके अभिभावक लिखित सहमति के साथ भेजेंगे केवल उन्हें ही स्कूल आने की अनुमति होगी इसके साथ ही जो छात्र स्कूल आने के बजाए ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखेंगे

परीक्षाएं दो पालियों में संपादित होंगी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पंतनगर में आयोजित प्रेसवार्ता में परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी

रिपोर्ट का संकलन कर आगे की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा

समिति के सदस्यों ने कहा कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर जिले में जो भी कार्य किये जा रहे हैं उसमें ग्णवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए बठक में क्म्भ मेले को लेकर भी चर्चा की गई काली मिर्च मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में आस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती हथ राज्य में इसको बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिए आस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र में कार्य कर रहे छतीसगढ़ के कृषक विशेषज्ञ डॉ राजाराम त्रिपाठी और ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान रूद्रप्र के अधिशासी निदेशक हरीश चन्द्र काण्डपाल ने प्रस्त्रतीकरण दिया जेसीबी बम नव्रीताल जिले में नगरों और आबादी क्षेत्रों में फाइबर केबल सीवर लाइन पेयजल विद्युत लाइन बिछाने के लिए सड़क कटिंग कार्य में मशीन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा सड़क कटिंग का कार्य मन्न्अली किया जायेगा मशीन से कटिंग कार्य करते हए पाये जाने पर एफआईआर दर्ज होगी जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलास्तरीय रोड कटिंग समिति के बठक में यह निर्देश दिये